और पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कम होने से प्रदेश में मौसम साफ रहा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कोविड उन्नीस के फैलाव को रोकने के लिए विभिन्न विभाग एक साथ मिलकर कई स्तरों पर काम कर रहे हैं श्री मोदी ने कई ट्वीट के माध्यम से भरोसा दिलाया है कि लोगों को स्वस्थ रखने के लिए हरसंभव उपाय किये जा रहे हैं उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी को स्वस्थ रखना और संक्रमण के लक्षणों वाले लोगों को उचित इलाज उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मिलित प्रयास है जो इस तरह की परिस्थितियों में राष्ट्र की मजबूत इच्छा शक्ति को दर्शाता है श्री मोदी ने लोगों से गैर जरूरी यात्राओं को टालने और सामूहिक कार्यक्रमों को कम से कम करने जैसे प्रयास किये जाने की अपील की उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि लोग कोरोना वायरस को लेकर फैलायी जा रही अफवाहों से बचें और अच्छी आदतों को अपनाये श्री नायडू ने राज्यसभा में कोरोना वायरस के फैलाव पर चर्चा के दौरान सदस्यों से कहा कि वे आम लोगों में वायरस के संक्रमण को लेकर जागरूकता का प्रचार प्रसार करें विभिन्न दलों के सदस्यों ने कोरोना वायरस के फैलाव पर चिंता जताते हुए इसकी रोकथाम के लिये सरकार से प्रभावी उपाय करने की अपील की है देश में कोरोना वायरस से संक्रमण के चार नये मामले सामने आने के बाद कोरोना पॉजीटिव मरीजों की संख्या एक सौ चौदह हो गयी है स्वास्थ्य मंत्रालय के अपर सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है श्री अग्रवाल ने कहा कि मास्क और सैनेटाइजर की कालाबाजारी करने वालों पर मंत्रालय और अन्य विभागों की नजर है इधर प्रदेश में भी विभिन्न अस्पतालों में कोरोना के संदिग्ध मरीजों की देखभाल के लिये विशेष वार्ड बनाये गये हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे कोविड उन्नीस वायरस से सुरक्षित रहने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें साउंड बाईट स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से कहा है कि बड़ी सभाओं में हिस्सा लेने से बचें यदि किसी व्यक्ति को खासी और बुखार आने लगे तो अपने को अन्य लोगों से अलग कर लें आंख नाक और मृह को बिना हाथ धोये स्पर्श न करें हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोए या अल्कोहल मिश्रित पदार्थ से हाथ मलें खासते और छींकते समय नाक और मुंह पर रूमाल अथवा टिश्यू पेपर रखना चाहिए इस्तेमाल किये गये टिश्यू पेपर तत्काल बंद डिब्बो में फेंके जाने चाहिए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

चिकित्सकों का कहना है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिये स्वच्छता की छोटी छोटी आदतों पर ध्यान देने की जरूरत है स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर कैलाश कुमार का कहना है कि मोबाईल फोन इस्तेमाल करने वाले लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर लोगों से जागरूक सजग और सतर्क रहने की अपील की है श्री कुमार आज विधान सभा में कोरोना वायरस के संक्रमण के मुद्दे पर सरकार द्वारा की जा रही तैयारियों और उपायों के बारे में सदन को जानकारी दे रहे थे उन्होंने लोगों से कहा कि कोरोना वायरस को लेकर भयभीत होने की जरूरत नहीं है मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिये सभी आवश्यक उपाय कर रही है उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और सरकार इसका पूरा खर्च वहन करेगी उन्होंने कहा कि नेपाल से लगे सभी सात सीमावर्ती जिलों में विशेष व्यवस्था की गयी है और विदेश से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को प्रदेश के सभी जिलों से तत्काल धारा एक सौ चौवालीस हटाने के निर्देश भी दिये हैं उन्होंने कहा कि लोगों से जो सतर्कता बरतने को कहा जा रहा है उसका ध्यान रखना चाहिए सार्वजनिक और सामूहिक कार्यक्रमों से लोगों को फिलहाल बचना चाहिए इधर विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने सदन में कहा कि कोरोना वायरस को लेकर बरती जा रही सतर्कता के कारण व्यावसायिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं उन्होंने सरकार से व्यावसायियों के हितों की सुरक्षा के लिये पहल करने का अनुरोध किया कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए राज्य विधानमंडल के मौजूदा बजट सत्र की बैठक आज दोपहर के बाद अनिश्चितकाल के लिये स्थगित कर दी गयी अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने सदन को बताया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया इधर विधान परिषद् के कार्यकारी सभापति हारूण रशीद ने भी सदन को बताया कि एहतियात के तौर पर सदन की बैठक स्थगित करने का फैसला किया गया है गौरतलब है कि विधानमंडल का मौजूदा सत्र इकतीस मार्च तक चलना था बक्सर आदर्श कारा में कैदियों द्वारा कोरोना वायरस को हराने के लिये मास्क और साबुन का निर्माण किया जा रहा है प्रभारी जेल अधीक्षक सतीश कुमार सिंह ने बताया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिये प्रारंभिक चरण में कैदियों द्वारा मास्क बनवाये जा रहे हैं और उनका उपयोग जेल में हो रहा हे उन्होंने बताया कि अब तक बारह सौ से अधिक कैदियों को जेल में बने मास्क उपलब्ध करवाये गये हैं केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को ग्रणावत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए हर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की योजना है श्री निशंक ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कम होने के साथ ही राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश भागों में आज दिन भर धूप खिली रही जिसके कारण वातावरण में गर्मी बढ़ी है विभिन्न स्थानों पर न्यूनतम और अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गयी मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले दो दिनों तक मौसम साफ रहेगा इसके बाद कुछ स्थानों पर आकाश में बादल छाने के साथ ही हल्की ब्रंदाबांदी की संभावना हैं पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मिकी नगर टाइगर रिजर्व के जंगलों से निकलकर गांवों में घुस आये तेंदुए को वन विभाग और नौरंगिया पुलिस ने सुरक्षित पकड़ लिया शेखपुरा के जिला न्यायाधीश ने कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए न्यायिक कार्य से कोर्ट नहीं आने वालों के खिलाफ इकतीस मार्च तक किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है सूपौल जिला अंतर्गत भारत नेपाल सीमा के पास सशस्त्र सीमा बल एसएसबी जवानों ने एक कारोबारी को साठ बोतल शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया रोहतास जिले के डिहरी नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या दो पर एक ट्रक की चपेट में आने से दो महिलाओं की मौत हो गयी वहीं एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया भागलपुर जिले में पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर पिछले चौबीस घंटों में छप्पन अपराधियों को गिरफ्तार किया है कटिहार जिले के बलरामपूर थाना क्षेत्र स्थित बागडोगरा गांव के पास पूलिस ने एक सौ अड़सठ लीटर विदेशी शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है बक्सर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र में हुए दोहरे हत्याकांड में पुलिस की विशेष टीम ने दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है

और पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कम होने से प्रदेश में मौसम साफ रहा